झारखंड में आज इक्कीस कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोविड बुलेटिन के अनुसार राज्य में अब तक एक हजार सात सौ तिरानब्बे लोग स्वस्थ होकर घर वापस लौट चुके है जबकि पांच सौ अस्सी लोगों का इलाज विभिन्न जिलों के कोविड अस्पताल में चल रहा है पिछले चौबीस घंटे में दो कोरोना संकमितों की मौत की पुष्टि हुई है इसके साथ ही राज्य में कोरोना संकमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर चौदह हो गयी है गिरिडीह जिले के बगोदर थाना के बेको गांव की कोरोना संक्रमित एक महिला की रांची रिम्स में इलाज को दौरान मौत हो गई गिरिडीह के सिविल सर्जन डॉ अवधेश कुमार सिन्हा ने बताया कि महिला हृदय रोग से पीड़ित थी

कोरोना पॉजिटिव महिला की इलाज के दौरान आज मौत हो गई इधर साहेबगंज से भी रांची के मेडिका अस्पताल में भर्त्ती एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत की साहेबगंज के उपायुक्त वरुण रंजन ने पुष्टि की है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

देषभर में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही झारखंड से बड़ी संख्या में कामगारों की मांग शुरू हो गयी है सीमा सड़क संगठन बीआरओ के बाद अब एलएनटी और एसआईएस समेत देष की कई बड़ी निजी कंपनियों ने बीस हजार श्रमिकों की मांग राज्य सरकार से की है श्रम नियोजन एवं प्रषिक्षण विभाग को लिखे पत्र में कंपनियों ने अति कुषल कुषल और अर्द्द कुषल श्रमिक उपलब्ध कराने का आग्रह किया है कंपनियों की मांग को देखते हुए श्रम विभाग ने राज्य के श्रमिकों से अपील की है कि यदि वे राज्य के बाहर संस्थानों कारखानों और कंपनियों में काम करना चाहते हैं तो वे श्रम विभाग के नियोजनालय और प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से वेबसाइट पर ऑनलाइन निबंधन करा सकते हैं राज्य के ग्रामीण मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि दूसरे राज्यों को झारखंड सरकार से कोरोना संक्रमण काल मे पहले एमओयू करना होगा तभी कुशल झारखंडी कामगार यहां से भेजे जाएंगे श्री आलम ने धनबाद में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कम्पनियों को मजदूरों के बेहतर स्वास्थ्य वेतन और सुरक्षा की गारंटी लेनी होगी राजधानी रांची के अलावा पलामू गढ़वा और चतरा समेत कई जिलों में आज सुबह से रूक रूक कर बारिष हो रही है मौसम पूर्वानुमान में अगले चौबीस घंटों में कुछ स्थानों पर भारी बारिष का अनुमान लगाया है और कई स्थानों पर वजपात की भी आपंका जतायी गयी है इधर वज्रपात के कारण कल शाम रांची गुमला और गिरिडीह जिले में पांच लोगों की मौत हो गयी

उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए नीति और विकास योजना बनाने में सांख्यिकी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है केंद्र सरकार की ओर से किसानों को पग पग पर कई सहायता उपलब्ध करायी जा रही है लॉक डाउन अवधि के दौरान गिरिडीह जिले में प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि का लाभ सतासी हजार किसानों को मिला है

इधर खेती कार्य में जुटे किसान भी केंद्र सरकार से मदद पाकर काफी खुश हैं गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड के किसान सच्चिदानंद दूबे और धनेश्वर ठाक्र का कहना है कि इस वर्ष बेमौसम बारिश से उनकी फसल नष्ट हो गई थी और वे आर्थिक संकट से घिर गए थे

अमेरिका से नौकरी छोड़कर झारखंड लौटे श्री पोद्दार ने रामगढ़ में कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से बंजर भूमि पर लॉकडाउन के दौरान ऑर्गेनिक खेती का काम शुरू किया

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने सभी राज्यों और निवेशकों से अपील की है कि मौजूदा चुनौतियों को देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए अवसरों में बदला जाए उन्होंने वीडियो काफ्रेस में कहा कि शुरू से ही देश के कोने कोने तक आवश्यक वस्तुए खासतौर से खाद्य वस्तुए उपलब्ध कराने के लिए सरकार के प्रयास के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन सफल रहा श्रीमती बादल ने बैठक में शामिल सभी लोगों से आत्मनिर्भर बनने और स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल करने के प्रधानमंत्री के अनुरोध का पालन करने को कहा